कहा एनडीए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार गरीबी और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में उठाये गये हैं प्रभावी कदम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा एनडीए सरकार के दौरान देश में कारोबार करना हुआ है आसान विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग पर चुनाव के दौरान ईवीएम की शिकायतों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नही उठाने का लगाया आरोप भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की एक सौ अट्ठाईसवीं जयंती पर कल राष्ट्र ने उन्हें अर्पित की श्रद्वांजलि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सन्तानबे सीटों पर आगामी अट्ठारह अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता जगह जगह चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के सभी नागरिकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के तहत बगैर किसी भेदभाव के लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाओं का लाम पहुंचाया जा रहा है श्री मोदी ने भाजपा को जिताने का आहवान करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार गरीबी और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये हैं और विवरण हमारे संवाददाता से चिलचिलाती धूप और गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अलीगढ़ के नुमाइरा ग्राउंड में श्री मोदी को सुनने के लिए डटे रहे

श्री मोदी के अलावा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ कराव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के हापुड़ अलीगढ़ मैनपुरी नगीना आंवला बदायूं आगरा फतेहपुर सीकरी प्रयागराज फूलपुर सहित अन्य क्षेत्रो में चुनावी सभाएं की वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में मतदाताश्रों को लुभाया वहीं रालोद के अजित सिंह ने मथुरा में सभा की आकाशवाणी समाचार के लिए अलीगढ़ से में मुल्तान सिंह यादव उधर मुरादाबाद में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो किसान सौभाग्य योजना में पांच एकड़ भूमि की कोई सीमा नहीं होगी किसानों के उत्थान के लिए सरकार न सिर्फ अन्य संबंधित योजनाओं को विस्तार देगी बल्कि किसानों को पेंशन भी मुहैया करायेगी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पुनः सत्ता में आते ही व्यापारियों और लघु उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय व्यापारी आयोग का गठन करेगी श्री मोदी ने कहा कि लघु उद्यमियों को पांच लाख रूपये तक का कर्ज बग़ैर गारन्दी के मुहैया कराया जायेगा सपा बसपा गठबंधन पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों दलों ने देश के विकास के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है इन दोनों दलों ने जेल जाने के डर से चुनावी तालमेल किया है और जानकारी हमारे संवाददाता से अपने भाषण में विपक्षी दलों सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ ही नरेन्द्र मोदी ने स्थानीय मुद्दों जैसे गन्ना किसानों के बकाया व्यापारियों की समस्याओं और रुहेलखंड के उद्योगों पीतल जरी और हस्तकला की बिगड़ी हालत की भी चर्चा की रैली में फिल्म स्टार जया प्रदा के साथ ही तीनों सीटों के भाजपा प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे ये रैली पार्टी के लिए काफी अहम थी क्योंकि रुहेलखंड की मुराबादाबाद रामपुर और संगल सीटों पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है और यहां तीसरे चरण में मतदान होना है

पार्टी ने इस बार मुरादाबाद से निवर्तमान सांसद कुंवर सर्वेश को प्रत्याशी बनाया है जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और युवा शायर इमरान प्रतापणढ़ी और शहर के पूर्व मेयर और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी एसटी हसन से है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार मुरादाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हापड के सिंमावली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को सम्बोधित किया केन्द्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों का जिक करते हए उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का जितना विकास पिछले पांच वर्षो में भाजपा की सरकारों ने किया है वह पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकीं अपने सम्बोधन में गठबंधन और काग्रेस पर प्रहार करते हए श्री योगी ने दावा किया कि दूसरे चरण में होने वाले आठों सीटों के चुनाव में भाजपा विजय पताका लहरायेगी बह्जन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही विपक्षी पार्टियों को झूठे मामलों में घसीटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का दुरूपयोग किया है छत्तीसगढ़ में जांजगिर चंप जिले में एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसने छत्तीसगढ़ सहित अपने शासन वाले राज्यों में न्याय कार्यक्रम को लागू क्यों नहीं किया

रामपुर में एक रैली में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की कांग्रेस ने चुनावों के दौरान विपक्षी नेताओं पर आयकर छापों के औचित्य पर सवाल उठाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दल और उम्मीदवारों के प्रचार में भारी राशि खर्च कर रही है उसे इस खर्च का व्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए श्री शर्मा ने रफ़ाल विमान सौदे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ विमान सौदे पर उनकी बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान देश में कारोबार करना आसान हुआ है इस दूर्घट से भारत पैंसठ स्थान की छलांग के साथ वैश्विक तालिका में एक सौ बयालिस से सतहत्तरवे पायदान पर आ गया है सोशल मीडिया मंचों से विश्व में रह रहे भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती स्वराज ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहले दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यस्थाओं में शामिल थी लेकिन आज यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम के ठीक से काम न करने की शिकायत को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नही उठा रहा है कल नई दिल्ली में एक संयुक्त सम्मेलन में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मांग की कि वीवीपैट की पचास प्रतिशत पर्चियों की गणना की जानी चाहिए कांग्रेस के अमिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईवीएम को कथित गडबडियों के बारे में विपक्षी दल उच्चतम न्यायालय जायेंगे और इस पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलायेंगे इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का न तो कोई गवर्नेस का एजेंडा है और न ही उनका नेतत्व ही ऐसा है जो लोगों को प्रेरित कर सके बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल सोलह उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की बहुजन समाज पार्टी ने सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से चन्द्रभद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है जबकि प्रतापगढ़ से अशोक कुमार त्रिपाठी अम्बेडकरनगर से रितेश पाण्डेय श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा डुमरियागंज से आफताब आलम बस्ती से रामप्रसाद चौधर्रो संतकबीरनगर से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे

भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की एक अट्ठाईसवीं जयंती पर राष्ट्र कल उन्हें याद किया इस अवसर पर देशभर में कई समारोह आयोजित किए गये राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कल सुबह नई दिल्ली में संसद भवन में डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पाजलि अर्पित की इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे अपने संदेश में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि डॉ आम्बेडकर नागरिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे उन्होंने सामाजिक मेदमाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ आम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे प्रदेश में अनेक स्थानों पर आम्बेडकर जयंती के सिलसिले में संगोष्ठियों शोभा यात्राओं सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी राज्यपाल श्री नाईक ने कहा कि वंचित वर्गो को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए देश के संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब द्वारा किये गये प्रयास हमारे लिए प्रेरणा का माध्यम है इस मौके पर बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर डॉक्टर आम्बेडकर के चित्र पर पुषाजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजलि दी इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर के मानवतावादी आन्दोलन के लक्ष्य को संविधान प्रदत्त मताधिकार के उपयोग से मंजिल तक पहुंचाने का लोगों से आहवान किया